भारतीय सैन्य बलों के साहस शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए आज से रविवार तक देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जाएगा मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर आयोजित किया जाएगा देश के इक्यावन शहरों में तिरपन स्थानों पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे जिनमें भारतीय सैन्य बलों के साथ साथ और विशेष बलों के पराक्रम को मुख्य रूप से दर्शाया जाएगा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन आज इंडिया गेट के मैदान पर पराक्रम पर्व का उद्घाटन करेंगी बाईट कार्यक्रम में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शाने वाले चित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा शनिवार और रविवार को सवेरे ग्यारह बजे से रात दस बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सैनिक हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियारों को भी देख पाएंगे इसके अलावा कार्यक्रम में जाने माने गायक सेना बैंड की धुनों पर गीत गाएंगे आम आदमी इस अवसर पर इंडिया गेट और अन्य जगहों पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से मैं दिवाकर राजद विधायक और लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले अब् दोजाना के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों रूपये की स्टांप ड्यूटी चोरी का मामला सामने आया है सूत्रों ने बताया कि अब्र दोजाना की निर्माण कम्पनी के कामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है जिससे राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है स्टांप ड्यूटी बचाने के लिए जमीन की सर्किल रेट को काफी कम कर दिखाया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग जल्द ही अबू दोजाना को नोटिस जारी कर उससे पूछताछ करेगा धान के बदले चावल आपूर्ति घोटाले में ईडी ने नालंदा के एक मिल मालिक की तीन एकड़ सत्तर डिसमिल जमीन जब्त कर ली है साथ ही जिले के नगरनौसा पावापुरी करायपरसुराय और हिलसा में एक साथ कार्रवाई करते हुये आरोपी मिलरों के घर नोटिस चिपकाया गया है वहीं इस घोटाले में शामिल अन्य मिलरों की सम्पत्ति भी जब्त होगी जिन जिलों में मामले दर्ज हैं वहां की पुलिस मनीलॉड्रिंग एक्ट के तहत सम्पत्ति जब्त करने का प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को भेज रही है नवादा कैमूर वैशाली और औरंगाबाद के अठारह मिल मालिकों के खिलाफ प्रस्ताव ईओयू को मिल चुका है वहीं कई अन्य जिलों से भी प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी की जा रही है ये घोटाले वित्तीय वर्ष दो हजार ग्यारह बारह से लेकर दो हजार तेरह चौदह के बीच हुये थे मिल मालिकों ने धान के बदले किसानों को निर्धारित मात्रा में चावल की आप्रर्ति नहीं की थी इससे संबंधित एक हजार दो सौ दो मामले राज्यभर में दर्ज हैं प्रवर्तन निदेशालय समस्तीपुर के कुख्यात अपराधी अशोक यादव की दस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति जब्त करेगा इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा ईडी को अनुमति मिल गयी है पटना समस्तीपुर और रोसड़ा में अशोक यादव के करोड़ों रूपये के पच्चीस प्लॉट हैं वहीं बैंक खातों में लाखों रूपये जमा है ईडी के अनुसार अशोक यादव पर हत्या हत्या के प्रयास और रंगदारी के छब्बीस मामले अलग अलग थानों में दर्ज है आयकर विभाग ने गया में तीन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है छापेमारी के दौरान कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है वहीं विभाग ने लखीसराय स्थित एक होटल का भी सर्वे किया है चुनाव आयोग ने कहा है कि विधानसभा या लोकसभा भंग होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जायेगी आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सदन भंग किये जाने के बाद भी कार्यवाहक सरकारें बड़े महत्व के फैसले लेती रहती हैं साथ ही ऐसी सरकारें अपनी नीतियों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं आयोग के अनुसार यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन्नीस सौ चौरानवे के उस निर्णय के अनुरूप है जिसमें कार्यवाहक सरकार को सिर्फ सामान्य काम काज करने का अधिकार दिया गया था राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री टंडन ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले मान्यता प्राप्त और निजी कॉलेजों पर कड़ी नजर रखी जायेगी उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नामांकन लेने और बिना मान्यता के कोई कोर्स चलाने पर कॉलेज की मान्यता तत्काल रद्द कर दी जायेगी कुलाधिपति ने कुलपतियों से छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुये निर्णय लेने को कहा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एमसीआई के विघटन को सही ठहराते हुये कहा है कि परिषद् सरकार की कार्य योजना के अनुरूप काम नहीं कर रही थी और कई मामलों में बाधक बन रही थी भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौबे ने कहा कि एमसीआई के कारण ही मेडिकल कालेजों में सीट नहीं बढ़ाई जा सकी वहीं चालू शैक्षणिक सत्र में आठ हजार नीट सफल छात्रों का दाखिला देश के सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में नहीं हो सका ई फार्मेसी नीति के विरोध में देशभर की दवा द्वकानें आज बंद रहेंगी जरूरी दवाओं के लिए सरकारी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम के अन्दर की दुकानें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में आवास विहीन परिवारों का नाम तीस सितम्बर तक जोड़ा जायेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में सभी उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल कोई भी परिवार नहीं छूटे इसके लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए सेंटअप टेस्ट पन्द्रह नवम्बर से होगा पहले यह परीक्षा चार दिसम्बर से होनी थी बिहार लोक सेवा आयोग की चौसठवीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा सोलह दिसम्बर को प्रदेश के पैंतीस जिलों में आयोजित की जायेगी

रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से लिये गये परीक्षा शुल्क का अस्सी प्रतिशत तक वापस करेगा इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है इंटरमीडिएट में आज से ऑन द स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा छात्र तीस सितम्बर तक अपने मनचाहे संस्थान में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन्हीं छात्र छात्राओं को इस बार पोशाक और साईकिल समेत अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनकी अप्रैल से सितम्बर तक कक्षा में उपस्थिति कम से कम पचहत्तर प्रतिशत रही होगी शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर दरभंगा जिले के सैंतीस ब्रथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है बेगूसराय के आरबीएस कॉलेज तेयाय में खेले जा रहे इंटर कॉलेज हैंड बॉल प्रतियोगिता के महिला और पुरूष वर्ग के फाइनल मैच में तेयाय कॉलेज ने जीत हासिल की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है विवाहेतर संबंध अब अपराध नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा चार सौ सतानवे को निरस्त किया दैनिक जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए मस्जिद को अभिन्न अंग मानने से इंकार किया साथ ही अखबार ने अयोध्या मामले की सुनवाई उनतीस अक्टूबर से शुरू होने की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है आश्रय गृहों में एक हजार पांच सौ पचहत्तर बच्चों का यौन उत्पीड़न कार्रवाई न करने के लिए अफसरों को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंसर की तरह फैल रही है ऐसी घटनाएं प्रभात खबर ने लिखा है अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को चार साल की सजा राष्ट्रीय सहारा ने केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल खोज समिति के गठन को प्रमुखता दी है आज की सुर्खी है विधानसभा भंग होने पर आचार संहिता तत्काल प्रभावी